मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें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

यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉक डाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे इस योजना के लिए मोबाइल एप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज ब्लैक पेपर जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों पर कुठाराघात किया है श्री मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत केन्द्र की कई अन्य योजनाओं का लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा है

ब्रंदी में आज ईवीएम का रेण्डमाइजेशन किया गया इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर जयपुर के निवासियों को श्भकामनाएं दी है एक टवीट में उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति में जयपुर का अपना अलग स्थान है समृद्ध विरासत के लिए ये विश्वभर में प्रसिद्ध है श्री गहलोत ने जयपुर वासियों से शहर की भव्यता को बनाए रखने की अपील की है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर तथा जयपुर हैरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने आज सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर तथा गंगापोल गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर शहरवासियों की सुखा शांति और प्रगति के लिये प्रार्थना की

हनुमानगढ़ जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है

जयपूर माउन्टआबू उदयपुर जोधपुर जैसलमेर सवाईमाघोपर और अलवर सहित कई अन्य स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे है हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथम्मौर राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है

झालावाड़ में हल्की ब्रंदाबांदी हुई